इन्दौर में शुरू हुई प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अनूठी प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता

पिछले सात महीनों में सातवीं बार कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कोरोना से लडाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक लंबा सफर तय कर चुके हैं श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन हटाए जाने के बावजूद इसका अर्थ यह नही कि कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त हो गया है उन्होंने देश भर में स्थिति में सुधार की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होने लगी है औरे लोग अपनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं

कई दिनों बाद कल नये संक्रमित मामलों की संख्या घटकर एक हजार से नीचे आ गई है

मौजूदा परिस्थितियों में सेनेटाइजर मास्क और अन्य साधनों पर हो रहे खर्च के मददेनजर चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा दस प्रतिशत बढ़ा दी है

विधि मन्त्रालय ने भी इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी

इस काम में आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आजीविका स्व सहायता समूह के सदस्यों की मदद भी ली जा रही है पोस्टर बैनर वॉल पेंटिंग रंगोली सामूहिक मतदाता शपथ रैली घर घर दस्तक चुनावी पाठशाला जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को मॉक पोल के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जा रहा है

यह दिन कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है

तभी से पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है प्रदेश में इस अवसर पर स्वच्छता वृक्षारोपण और श्रद्वांजलि सभाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है भोपाल में लालपरेड मैदान पर खंडवा में पुलिस ग्राउण्ड पर और बैतूल में पुलिस रक्षित केन्द्र पर यह आयोजन होगे आदिवासी छात्र आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आदिवासी छात्र छात्राओं को दिये जा रहे प्रशिक्षण के अच्छे परिणाम सामने आये हैं इस वर्ष लगभग आधे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल रहे हैं प्रदेश में आकांक्षा योजना के तहत विद्यार्थियों को नीट जेईई और क्लेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है आईपीएल आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता में कल रात दुबई में किंग्स इलेवन पंजाब ने डेल्ही कैपिटल्स को पांच विकेट से हरा दिया

आज अब् धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर से होगा

इस अवसर पर इंदौर नगर निगम ने प्रख्यात गायक शान की आवाज में इन्दौर लगायेगा स्वच्छता का पंच गीत को आमजन के लिए जारी किया